नई दिल्ली के तालकटोरा स्टोडियम में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यकम में विद्यार्थियों अध्या्पकों और अभिभावकों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य नई चीजें सीखने का केवल एक तरीका है लिहाजा विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान पढ़ाई के अलावा अन्य कारणों से भी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं श्री मोदी ने अध्ययन के अलावा अन्य गतिविधियों के महत्वो पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां में भाग नहीं लेने से व्यक्ति रॉबोट की तरह हो जाता है इस कार्यक्रम में प्रदेश से पचास से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और द्रदर्शन के जरिए सजीव प्रसारण किया गया अन्पपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी विभिन्न स्कूलों में बच्चों को इस कार्यक्रम को दिखाये जाने का इंतजाम किया गया था भाजपा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना जाना तय है इस पद के लिए आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है केन्द्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा श्री नड़ा की उम्मीदवारी के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे श्री नड्डा के चुने जाने की औपचारिक घोषणा दोपहर बाद की जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उनका अभिनंदन करने पार्टी मुख्यालय जाएंगे चुनाव के बाद जेपी नड्डा अभित शाह की जगह लेंगे पोलियो अभियान प्रदेश में चलाये जा रहे तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आज दूसरा दिन है कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बने पोलियोब्थ के अलावा भीड़ भाड़ वाले चौराहो बसस्टैण्ड और रेलवे स्टेशन पर भी आज पोलियोरोधी दवा पिलाई जा रही है उधर इन्दौर में टीकाकरण से छूटे बच्चों को आज दवा दी जा रही है शिवपूरी देवास सतनाहोशंगाबाद में भी बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई जा रही है नरसिंहपुर जिले में आयोजित बरमान मेले में बच्चों को पोलियोरोधी दवा की खूराक दी गई शहडोल बालाघाट सतना खंडवा धार खरगौन सहित विभिन्न जिलों से पोलियोरोधी दवा पिलाने के समाचार मिल रहे हैं मौसम तेज धूप खिलने के बावजूद राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में शीतलहर का असर बना हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सर्द हवाओं से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है प्रदेश में सबसे कम तापमान उमरिया रायसेन और बैतूल में पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने सागर इंदौर उज्जैन संभागों में आज शीतलदिन रहने की संभावना जताई है

इस हादसे में दो चवेरे भाइयों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई